शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी अर्थव्यवस्था को देखते हुए रोक नहीं लगाई जाएगी और उन्हें होटल में पहुंचने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों की कोविड रिपोर्ट की जांच व निगरानी के लिए होटल एसोसिएशन और होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचली कभी भी अपने प्रदेश लौट सकते हैं लेकिन उन्हें खुद को कुछ दिनों के लिए आईसोलेट करना होगा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस समय किसी प्रकार के लॉकडॉउन या सख्त कदमों के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पिछले साल लगे लॉकडाउन से आर्थिकी को काफी नुकसान पहुंचा है उन्होंने कहा कि कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं

इस बीच अनुराग ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर का दौरा भी किया और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन की ओर से जो भी मांग की जाएगी उसे पूरा किया जाएगा

शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अम्बेदकर चौक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माण और गरीबों के उत्थान के लिए डॉक्टर अम्बेदकर द्वारा किए गए कार्यों को देशवासी हमेशा याद रखेंगे उन्होंने कहा कि समाज के गरीबों शोषितों और महिलाओं के कल्याण के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर ने जीवन पर्यन्त काम किया मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण का श्रेय डॉक्टर अम्बेदकर को जाता है और उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो

पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा कई राज्यों ने कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी

ये संदेश आकाशवाणी शिमला एफएम शिमला आकाशवाणी हमीरपुर व धर्मशाला सहित सभी रिले केंद्रों से प्रसारित होगा नवरात्रे चैत्र नवरात्रे के आज दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रहाम्वारिणी की पूजा अर्चना की जा रही गई मां ब्रहाम्चारिणी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित सभी मंदिरों में श्रद्वालु कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंचे कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है